मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में आने वाले प्रवासियों का डेटाबेस तैयार करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित स्किल रजिस्ट्रर का शुभारम्भ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से राज्य में लौटे लोग अपनी शैक्षिक योग्यता कौशल और नौकरी की आवश्यकताओं के संबंध में जानकारी अपलोड कर सकते हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि इच्छुक व्यक्ति स्किल रजिस्ट्रर डॉट एचपी डॉट जीओवी डॉट इन के माध्यम से पंजीकरण करवा सकते हैं जयराम ठाकुर ने कहा कि विभिन्न कंपनियां और औद्योगिक घराने भी इस पोर्टल पर अपनी आवश्यकताओं को दर्ज कर सकते हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि कौशल रजिस्ट्रर को औद्योगिक घरानो के साथ जोड़ा जाएगा और इसमें जरूरत के मुताबिक कौशल उन्नयन का भी प्रावधान होगा कृषि व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रामलाल मारकंडा मुख्य सचिव अनिल खाची और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जेसी शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे गोविंद ठाक्र वन व परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में फिलहाल अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू नहीं होगी कुल्लू में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि करीब अढ़ाई महीने के अंतराल के बाद आज से प्रदेश में बस सेवा आरम्भ की गई है

उन्होंने कहा कि परिवहन निगम के चालक व परिचालक कोरोना योद्वाओं के रूप में कार्य कर रहे हैं और उनकी सुरक्षा व सुविधा के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं

लोगों ने बस सेवा आरम्भ होने पर खुशी जताते हुए सरकार का आभार जताया है भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ अनलॉक वन के संबंध में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया

सुरेश भारद्वाज ने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखना और मास्क का उपयोग बेहद जरूरी है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्रदृष्टि और मजबूत व सशक्त नेतृत्व के कारण आज देश में कोरोना वायरस के संक्रमण में काफी हद तक रोक लगी है भारद्वाज ने पार्टी कार्यकर्ताओं व जनप्रतिनिधियों से विभिन्न स्तरों पर सहयोग करने का आहवान भी किया इस दौरान सांसद सुरेश कश्यप ज़िला भाजपा अध्यक्ष रवि मेहता और भाजपा नेता प्रमोद शर्मा सहित अन्य पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे बिक्रम ठाक्र उद्योग मंत्री बिक्रम ठाक्र ने आज जस्वां परागपूर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकासात्मक कार्यों का निरिक्षण किया उन्होंने परागपुर में उपमंडल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को विकास कार्यों को निर्धारित समय अवधि में पूरा करने के निर्देश भी दिए बिक्रम ठाक्र ने कहा कि कोरोना महामारी के संकटकाल में प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से अन्य राज्यों की तुलना में बेहतरीन कार्य किया है उन्होंने अधिकारियों को विकास कार्यों के दौरान सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अन्पालना सुनिश्चित करने को भी कहा कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष क्लदीप राठौर ने आगामी सेब सीजन को देखते हुए प्रदेश सरकार से बागवानों के लिए पर्याप्त मात्रा में कार्टन और ट्रे उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है उन्होंने किसानों बागवानों आढ़तियों और ट्रांसर्पोटरों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है राठौर आज पराला सब्जी मंडी में किसानों बागवानों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे थे राठौर ने ये भी कहा कि उन्होंने सेब सीजन के दौरान आढ़तियों और लदानियों की संभावित समस्याओं को देखते हुए एचपीएमसी से इसके उचित विपणन की मांग भी सरकार से की है उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रदेश सरकार फसलों के नुकसान का आकलन कर किसानों बागवानों को जल्द ही आर्थिक सहायता प्रदान करेगी

राज्य में आज अभी तक सात नए मामले सामने आए हैं

चंबा में सामने आए तीन कोरोना संक्रमितों में एक दिल्ली और दो तामिलनाड् से वापिस लौटे हैं और ये चंबा के बनीखेत में संस्थागत क्वारंटीन सेंटर में रखे गए थे वहीं सोलन के नालागढ़ से सामने आए दोनो कोरोना संक्रमित हाल ही में कोलकाता से वापिस लौटे थे और इन्हें नालागढ़ स्थित संस्थागत क्वारंटीन केंद्र में रखा गया था

किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि प्रदेश के किसानों के लिए मददगार साबित हो रही है योजना के तहत किसानों के खाते में दो दो हज़ार रूपये की राशि डाली जा रही है ये राशि किसानों को बीज व अन्य कृषि कार्यों के लिए मददगार साबित हो रही है हमीरपुर ज़िले के किसान जरूरत के समय मिल रही इस राशि से बेहद खूश हैं और किसानों ने इस मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है

उल्लेखनीय है कि हर वर्ष निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में इस मेले का आयोजन किया जाता है ये मेला कांगड़ा हमीरपुर बिलासपुर और ऊना ज़िले के लोगों के लिए धार्मिक व सांस्कृतिक मिलन का प्रतीक है इस बीच ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने प्रतिक के तौर पर आज पिपलु गांव स्थित मंदिर में पूजा अर्चना की और सभी की सुख समृद्धि की कामना की

उन्हें लोक निर्माण आबकारी व सूचना और जनसंपर्क विभागों की जिम्मेदारी भी दी गई है सेवानिवृत आई ए एस अधिकारी आर एन बत्ता को मुख्यमंत्री का सलाहकार और प्रधान निजी सचिव नियुक्त किया गया है मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव रहे विनय सिंह को लोकनिर्माण विभाग और मुख्यमंत्री का विशेष सचिव लगाया गया है

दिल्ली से खबरनामा के प्रसारण को देखते हुए समाचार बुलेटिन के समय में ये परिवर्तन किया गया है